प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर इस साल के आम चूनाव में अपनी तय पराजय के लिए अभी से बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं श्री मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी दलों को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है क्योंकि वे खूद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्होंने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार घोटाले नकारात्मकता अस्थिरता और असमानता का गठजोड़ बताया ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह फैसला लागू न हुआ होता तो विपक्षी दल इससे परेशान नहीं होते श्री मोदी ने इन आरोपों को खारिज किया कि यह फैसला चुनाव के मद्देनजर लिया गया है प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हीं की बदौलत पार्टी अपने संगठन को मजबूत बनाने में सफल हुई है बाईट प्रधानमंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं का जज्बा ईमानदारी मेहनत और मजबूती के साथ खड़े रहने की ताकत चुनौती को ही चुनौती देने वाला मिजाज हिन्दुस्तान की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा योगदान है अगर कोई मुझे पूछेगा तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है यह संगठन आधारित राजनीतिक आंदोलन है लोकसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श के लिए आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई बैठक के बाद पार्टी के महासचिव के सी त्यागी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर फैसला फरवरी के अंत तक कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए तीन सदस्यों की समिति का गठन किया गया है जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह विजेन्द्र प्रसाद यादव और राजीव रंजन सिंह शामिल है उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार के बाहर लक्षद्वीप में भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगी श्री त्यागी ने कहा कि पार्टी राम मंदिर धारा तीन सौ सत्तर और समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों पर अपने पुराने रूख पर कायम हैं उन्होंने कहा कि पार्टी ने असम नागरिकता विधेयक के राज्यसभा में लाए जाने पर इसका विरोध करने का निर्णय किया है श्री त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ असम गण परिषद की ओर से आयोजित होने वाली रैली में भी शामिल होगी केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के गरीब लोगों को फायदा होगा श्री अठावले ने आज कहा कि इस निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद ने विधेयक पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है उप मुख्यमंत्री सूशील क्मार मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर जिन लोगों ने सामाजिक द्वेष की राजनीति की है वे आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने का नाटक कर रहे हैं श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ऊंची जाति के गरीबों को सरकारी नौकरियों और संस्थाओं में दस फीसदी रिजर्वेशन देने का कानून लागू करेगी उन्होंने कहा कि जो दल संसद में इस विधेयक का विरोध कर रहे थे उन्हें चुनाव में जनता सबक सिखाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सभी स्कूलों में खेलो को अनिवार्य विषय बनाया जायेगा श्री जावडेकर ने आज पूणे में खेलो इंडिया के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूलों में प्रतिदिन एक घंटा खेलों के लिए निर्धारित किया जाएगा मध्रबनी जिले के खजौली थाना के पुलिस निरीक्षक शिव कुमार साहू को निगरानी विभाग की टीम ने पंद्रह हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है बाब्बरही थाना क्षेत्र के बरैल गाँव निवासी रामक्रमरि देवी ने पूलिस निरीक्षक के खिलाफ निगरानी विभाग में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी निगरानी की टीम गिरफ्तार प्रलिस निरीक्षक को अपने साथ पटना ले गयी है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने आईजी डीआईजी एसएसपी एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की छ्ट्टियां रद्द कर दी है प्रलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में ही इन अधिकारियों को छुट्टी दी जा सकती है देश के हर घर में इस महीने के अंत तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी केन्द्र सरकार के सौभाग्य योजना के तहत अब तक दो करोड़ चौवालीस लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने सितंबर दो हजार सत्रह में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया था इस योजना के तहत कुल दो करोड अडतालीस लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इस योजना से जुडे एक अधिकारी ने बताया है कि बचे हुए करीब चार लाख परिवारों को इससे जोडने के लिए हर दिन तीस हजार परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज शाम श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दो हजार सत्रह अठारह सत्र के टॉपरों को गोल्ड मेडल प्रदान किया समारोह में अड़तीस टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया जिसमें तेईस छात्राएं भी शामिल हैं इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रासबिहारी सिंह भी उपस्थित थे शेखपुरा जिले के बरबीघा स्थित श्रीकृष्ण रामरूचि महाविधालय के कैम्पस में दो कौअे मरे हए पाये गए हैं जिला पश्पालन पदाधिकारी अजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि मृत कौओं के सैम्पल को जाँच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बर्ड फलू का पता चल पाएगा पशुपालन विभाग ने लोगो से भयभीत नहीं होने की अपील की है श्रम संसाधन विभाग की ओर से छपरा में कल से तेईस जनवरी तक प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है राजेन्द्र स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मेले का उद्घाटन स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी करेंगे इस अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे मेले में प्रदेश के सभी तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं पटना से दिल्ली जाने वाली तीन फ्लाईटें आज से एक सप्ताह के लिए रद्द कर दी गयी हैं रद्द होने वाली फ्लाईटों में एयर इंडिया जेट एयरवेज और गो एयर शामिल हैं नई दिल्ली में छब्बीस जनवरी की तैयारियों को लेकर इस अवधि के दौरान उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है इसकी वजह से पटना से दिल्ली जाने वाली इन तीन फ्लाईटों को रद्द किया गया है विमान कम्पनियों की ओर से यात्रियों को दिल्ली भेजने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है सत्ताईस जनवरी से ये विमान नियत समय से उड़ान भरेंगे भागलपुर शहर के जीरोमाइल इलाके के रानी तलाब के पास सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये इधर खगड़िया जिले के महेशखूट थाना के चौधाबन्नी गांव के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या इकतीस पर पिकअप वैन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या छह में डकैतों ने एक किसान के घर डाका डालकर तीन लाख रूपये मुल्य की संपत्ति लूट ली खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बसुआ गांव से पुलिस ने एक अपराधी को पिस्तौल और पंद्रह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है